राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की आठ सीटों के लिये आज जारी होगी अधिसूचना मतदान ग्यारह अप्रैल को निर्वाचन आयोग ने मतदान से अड़तालीस घंटे पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी करने पर लगाई रोक कांग्रेस ने प्रदेश की सात सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का किया ऐलान आज पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी प्रयागराज से करेंगी चुनाव अभियान की शुरूआत गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का लंबी बीमारी के बाद कल शाम पणजी में निधन हो गया ये तिरसठ वर्ष के थे पिछले साल फरवरी में उन्हें अग्नाशय के कैंसर का पता चला था जिसके बाद से ही उनका अमेरिका के अलावा मुंबई दिल्ली और गोवा के अस्पतालों में ईलाज हो रहा था छह बार के विधायक और पूर्व रक्षा मंत्री रहे श्री पर्रिकर का जन्म तेरह दिसम्बर उन्नीस सौ पचपन को हुआ था उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुम्बई से धातुकर्म अभियांत्रिकी में बीटेक की डिग्री हासिल की थी ढांचागत विकास और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयासों और केन्द्रीय रक्षा मंत्री के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका साथ ही दो हजार चार में गोवा को अन्तरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल बनाने के प्रयासों के लिए एक लोकप्रिय नेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री पर्रिकर को श्रद्वाजंति अर्पित करते हुए कहा कि वे सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा और समर्पण के प्रतीक रहे उन्होंने गोवा और भारत की जो सेवा की है वह हमेशा याद रखी जायेगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भी श्री पर्रिकर के निधनपर शोक व्यक्त किया है

अधिसुचना जारी होने के साथ ही सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाज़ियाबाद और गौतमबुद्धनगर में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी

उन्होंने बताया कि राज्य में ग्यारह अप्रैल से उन्नीस मई तक सात चरणों में मतदान होगा और तेइस मई को मतों की गिनती होगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए पच्चीस मार्च तक नामांकन दाखिल किया जा सकेंगे और उनकी जांच छब्बीस मार्च को होगी अट्ठाईस मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे प्रदेश के इन आठ जिलों में एक करोड़ पचास लाख मतदाता हैं जिनमें बयासी लाख चौबीस हजार पुरूष अड़सठ लाख उन्तालीस हजार महिला और एक हजार चौदह थर्ड जेंडर के मतदाता हैं इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल छः हजार सात सौ सोलह मतदान केन्द्र और सोलह हजार पांच सौ इक्यासी मतदेय स्थल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपने समर्थकों से मैं भी चौकीदार की प्रतिज्ञा की अपील के बाद कई केन्द्रीय मंत्रियों मुख्यमंत्रियों और भाजपा नेताओं ने कल ट्वीटर पर यह संकल्प लिया श्री मोदी ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने नाम से पहले चौकीदार जोड़ा है श्री मोदी ने इस ट्वीट में साफ तौर पर कांग्रेस अध्यमक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है जो प्रधानमंत्री का नाम लिये बिना उनकी आलोचना करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने समर्थकों से मैं भी चौकीदार की प्रतिज्ञा की अपील की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आलोचना की है उन्होंने टिवटर संदेश में कहा कि सोशल मीडिया पर ख्द को चौकीदार कहना आसान है पर कोई उन युवाओं की आवाज भी सुने जो नौकरी न मिलने के वजह से चौकीदारी करते हैं श्री यादव ने कहा कि मैं भी चौकीदार की मार्केटिंग उन किसानों का अनादर है जो रात भर जागकर अपने खेत बचाने पर मजबूर हो गये भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए प्रयुक्त भाषा की कड़ी आलोचना की है केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस श्री मोदी को नहीं हरा सकती इसलिए वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते मोदी जी पर आरोप नहीं कर सकते इसलिए अब गाली गलोज करना यही कांग्रेस का मकसद बन गया है कितना सार्वजनिक चर्चा का स्तर गिराएगी कांग्रेस केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि परिश्रमी आम जनता के प्रति कांग्रेस के मन में कोई सम्मान नहीं है और इसलिए वह प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाने के लिए चौकीदार शब्द का उपयोग करती है निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर मतदान से अड़तालीस घंटे पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है इसके लिए पार्टियों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है संशोधित आदर्श आचार संहिता के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ पन्चानबें की धारा एक सौ छबीस के अंतर्गत प्रतिबंधित अवधि के दौरान एक चरण के मतदान के चुनाव के लिये घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने कल लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी मैनपुरी कन्नौज और फिरोजाबाद सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं खड़े करेगी इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजित सिंह और उनके पृत्र जयन्त सिंह तथा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर भी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर नेताओं के साथ बैठक कर लोक सभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की उन्होंने अपने पिछले दौरे में सुझायी गयी बातों और दिशा निर्देशों की प्रगति के बारे में जाना और कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में टिप्स दिये इस दौरान जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन की औपचारिकता को पूरा किया गया जबकि समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अलीगढ़ के तारिक सिदिदकी का स्वागत किया गया कांग्रेस महासचिव आज प्रयागराज से प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरूआत करेंगी अपनी तीन दिवसीय चुनावी यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी प्रयागराज से वाराणसी तक जल मार्ग से यात्रा प्रारंभ करेगी उनकी यात्रा सुबह नौ बजे करछना के मनैया घाट से शुरू होगी इस दौरान वे छात्र प्रतिनिधियों के संग वोट पर चर्चा करेंगे वह इमइमा सिरसा लक्खागृह मांडा और सीतामढ़ी का भ्रमण करेंगी और लोगों से बातचीत करेंगी राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रणबोर्ड सीपीसीबी को ध्वनि प्रदूषण का मानचित्र तैयार करने और पूरे देश में इस समस्या से निबटने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीपीसीबी को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले स्थलों की पहचान करने तथा इसके आधार पर शहरों की श्रेणी तय करने और तीन महीने के भीतर प्रभावी कार्य योजना बनाने को कहा है राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के तत्वावधान में कल पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन यशपाल सभागार लखनऊ में किया गया

आजमगढ़ के मुकेरीगंज मोहल्ले में एक पटाखे की दुकान में कल शाम आग लग जाने के कारण एक महिला सहित सात लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि अट्ठारह लोग झुलस गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि पटाखे की दुकान के बगल में एक मकान में बिल्डिंग का कार्य हो रहा था वहां से निकली चिंगारी ने पटाखे की द्कान को अपनी चपेट में ले लिया

वह गौतमबृद्व नगर का रहने वाला है उसके पास से एक लैपटॉप ब्रैन्डेड घड़ी पेन के साथ एक्सयूवी गाड़ी बरामद की गयी

पकड़े गये अपराधी के खिलाफ आगरा जिले के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है